विभिन्न दलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चअल बैठक में भाग लेंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री देश के बडे नेताओं के साथ भारत चीन सीमा की स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में हाल में हुई हिंसक झडपों के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं कोविड अपडेट हिमाचल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढोतरी जारी है

पॉजिटिव आये ये सभी लोग बाहरी राज्यों से आये थे और इन्हे संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था

शोक मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने मण्डी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में हई आग लगने की घटना पर शोक व्यक्त किया है

मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शान्ति और पीड़ित परिवार को इस असहनीय क्षर्ति को सहन करने की शॅक्ति प्रदान करने की कामना की है

हमीरपुर बिलासपुर और ऊना जिला के चयनित उम्मीदवारों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए अभियर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर ही नए रोल नंबर जारी किये जायेंगे परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को मास्क और सेनिटिजेर लाना अनिवार्य होगा अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लद्दाख की गलवान घाटी में हमीरपुर के सैनिक की शहादत से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

आपका फैसला के मुताबिक आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर

हिमाचल में बजट खर्च करने की प्रकिया में होगा बदलाव शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है कोरोना काल में उपजे हालात के चलते बदलेगी प्रकिया इसी समाचार पत्र के अनुसार चीन से सटी हिमाचल की सीमा में देखा गया चीनी हैलीकॉप्टर जबकि आपका फैसला ने लिखाँ है झड़प के बाद लाहौल स्पीति के आसमान में उड़े लड़ाकू विमान

इसी समाचार पत्र का कहना है भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास से नेपाली श्रमिकों के आने पर संशय दिव्य हिमाचल की एक खबर है आज आएगा जमा दो का रिजल्ट हिमाचल दस्तक लिखता है सोमवार से उडान भरेगी हेलीटैक्सी पर्यटन विभाग शिमला चंडीगढ के बीच शरू करवाएगा सेवा